प्रदेश में कल पहले चरण में टोंक सवाईमाधोपुर अजमेर पाली जोधपुर बाडमेर जालोर सिरोही उदयपुर चित्तौड़गढ राजसमंद भीलवाडा बांसवाडा डूंगरपुर कोटा तथा झालावाड बारां लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले गए

निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार लोगों ने भीषण गर्मी के बीच उत्साह के साथ मतदान कर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई शुरूआत में क्छ केन्द्रों पर ईवीएम में खराबी आने पर मतदान में रूकावट हुई जिसे बाद में ठीक कर दिया गया

देशभर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोट डाले गए

उन्होंने मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और बिना रूकावट संपन्न कराने के लिये प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों पुलिस अधिकारियों और निर्वाचन कार्य से जुड़े समस्त कार्मिकों की सराहना की उन्होंने सकारात्मक सहयोग के लिए मीडिया के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त किया

प्रमुख राजनैतिक दलों सहित अन्य दल तथ निर्देलीय प्रत्याशी जमकर प्रचार कर रहे है इसी कडी में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह दौसा अलवर और भरतपुर लोकसभा क्षेत्रों में सभाए करेंगे

वहीं कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट आज श्रीमाधोपुर बांदीकुई नीमकाथाना और पाटन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे इससे पहले कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश में सैपऊ सरदारशहर और कोटपूतली में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं की कोटपूतली में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की न्याय योजना से गरीबों की जिदंगी बदल जायेगी

मुख्यमंत्री ने कोटपूतली को जिला बनाने की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया इससे पहले सेपऊ में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार आने पर पर किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए कानून बनाया जाएगा जिससे किसी भी किसान को ऋण की अदायगी नहीं कर पाने पर जेल में नहीं डाला जायेगा

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेन्द्र यादव ने भी कल जयप्र में पत्रकार वार्ता की

मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है

आंगनबाड़ी केन्द्रों उप स्वास्थ्य केन्द्रों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पतालों में यह दवा पिलाई जाएगी

जोधपुर में कल भीषण गर्मी रही

वहीं पानी और बिजली की समस्या से भी लोग परेशान है